अब समाचार विस्तार से तोमर देशभक्ति केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को आने वाली पीढ़ी को बताया जाना चाहिए श्री तोमर ने कल ग्वालियर में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित दो मिनट राष्ट्र के नाम कार्यक्रम में यह बात कहीं उन्होंने कहा कि हर नागरिक के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो और वह अपने कर्तव्यों का सच्चाई से निर्वहन करें इसके लिये भी निरंतर देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है पौध रोपण वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकरशेजवार ने कल भोपाल स्थित इकॉलोजिकल पार्क परिसर में पौधा लगाकर दंपत्ति वन महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधारोपण आवश्यक होने के साथ ही लगाये गये पौधों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाना चाहिये उन्होंने बताया कि इस वर्ष वन विभाग और वन विकास निगम ने सात करोड़ पौधा रोपण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है

इकॉलोजिकल पार्क परिसर में दम्पत्ति वन महोत्सव के तहत आज लगभग चार सौ पौधे लगाये गये परिसर में मनोरंजन सह व्यायाम केन्द्र बनाया गया है वहीं यहां आरोग्यम केन्द्र स्थापित किये जाने से लोगों को आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाई जाती है जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पचास सालों तक राज्य में शासन करने वाली पार्टी के नेता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पंद्रह सालों का हिसाब मांग रहे हैं श्री चौहान ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना के म्याना में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान राज्य की हालत और दयनीय हो गयी थी जनता बिजली सड़क और पानी के लिए तरस गयी भाजपा सरकार ने स्थिति को काबू में करके विकास कार्य शुरू किए और अब प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर गया इसके पहले जन आशीर्वाद यात्रा के साथ श्री चौहान ने पड़ोसी राजगढ़ जिले के ब्यावरा से गुना जिले में प्रवेश किया उनका जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने स्वागत किया

संबल योजना उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि संबल योजना गरीबों का जीवन बदलने वाली योजना है श्री शुक्ल ने कल रीवा में संबल योजना के तहत आवासीय पट्टा वितरण की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व तथा नगर निगम के अधिकारी मिलकर शहरी क्षेत्र के संबल योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन करें

उद्योग मंत्री ने कहा कि संबल योजना की निगरानी के लिये शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में निगरानी समितियां गठित की गई हैं

यह प्रचार रथ सभी विकास खण्डों में जायेंगे रथों के लोकेशन की मॉनिटरिंग जनसंपर्क मुख्यालय से की जायेगी जीपीएस लिंक जिला जनसंपर्क अधिकारियों को भी उपलब्ध कराये जायेंगे

मंदिर के सभामण्डप में श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन के बाद सवारी निकाली जाएगी जो श्री महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट जायेगी जहां माँ क्षिप्रा के जल से अभिशेख और पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में वापस आएगी जिला प्रशासन ने सवारी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं वहीं आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में स्थित त्रितापेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है

इस आदिवासी अंचल में शहर से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर सदियों पुराना दूसरा देवझरी का भोले शंकर का प्रसिद्द मंदिर है किवंदती है कि यहां पर मां नर्मदा स्वंय प्रकट हुई है पिछड़े जिले सागर संभाग आयुक्त मनोहर दुबे ने कहा है कि नीति आयोग की ओर से निर्धारित मानकों के आधार पर पिछड़े घोषित किए गए छतरपुर और दमोह जिले के विकास के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है श्री दुबे ने संभाग के तहत आने वाले छतरपुर जिले के खजुराहो में कल कलेक्टर काफ्रेंस को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इन दो जिलों को पिछड़ेपन से उबारने के लिए अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है उन्होंने संभाग के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों में नाश्ता और भोजन अनिवार्य रूप से वितरित कराने के निर्देश दिए भैस कांग्रेस देवास जिले के सयाजी द्वार पर कल प्रदर्शन के दौरान भैंस के बिदक जाने से कांग्रेस के तीन कार्यकर्ता घायल हो गये कांग्रेस कार्यकर्ता देवास से इंदौर के बीच दैनिक आने जाने वाले छात्रों नौकरीपेशा लोगों के लिये बस चलाने की मांग कर प्रदर्शन कर रहे थे वे एक भैंस को हार माला पहनाकर बीच सड़क पर ले आये उसके आगे बीन बजाते समय यह हादसा हुआ मौसम प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा होशंगाबाद सागर रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों में क्छ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा या बौछारें पड़ सकती है इसके अलावा राज्य के पश्चिमी हिस्से में आने वाले इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के साथ ही राजगढ़ और भोपाल में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में एक दो दिन बाद वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है

सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में और इसके बाद सतना उमरिया दमोह धार नरसिंहपुर सीधी जबलपुर खजुराहो सागर बैतूल मंडला में हल्की बारिश हुई प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल भी आसमान में बादलों का डेरा दिखाई दिया बीच बीच में धूप भी निकला

इन्डियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के महासचिव चेतन पठारे ने कल उज्जैन में बताया कि प्रतियोगिता के लिए मेंस और वुमेन्स वर्ग में सिलेक्शन ट्रॉयल किया गया